नेशनल मेडिकल कमीशन विघेयक को राष्ट्रपति ने किया मंजूर निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटों की फीस नियंत्रित करेगी सरकार विश्व आदिवासी दिवस आज राज्यस्तरीय समारोह बेणेश्वर धाम में होगा आयोजित

इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र के तौर पर हमने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अब जम्मू कश्मीर में एक नये युग की शुरूआत हुई है

वहां के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी देश के अन्य भागों के कर्मचारियों के समान सुविघाएं मिलेंगी श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सेना और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पारदर्शी चुनाव होगा और लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि ब्लॉक विकास समिति का गठन किया जाए

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कहा है कि वह अपने फैसले पर फिर विचार करे

इस बीच अमरीका ने स्पष्ट किया है कि वह कश्मीर और अन्य मुद्दों पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच प्रत्यक्ष वार्ता का समर्थन जारी रखेगा अमरीकी प्रवक्ता पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ राजनयिक संबंध का स्तर घटाने के बाद दक्षिण एशिया की स्थिति पर प्रश्नों का जवाब दे रहे थे उधर समझौता एक्स्प्रेस रेलगाड़ी पंजाब में अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है भारत की ओर से इस रेलगाड़ी को वाघा से अटारी रेलवे स्टेशन लाने के लिए एक इंजन और चालक दल तथा गार्ड भेजे गए थे उत्तरी रेलवे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने समझौता एक्स्प्रेस के चालक दल और गार्ड की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बिल को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही यह विधेयक कानून बन गया है इससे केन्द्र सरकार देशमर के निजी मेडिकल कॉलेजों की सभी सीटों की फीस नियंत्रित कर सकेगी स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन के अनुसार केन्द्र सरकार पचास प्रतिशत सीटों की फीस सीधे तय करेगी इसके अलावा शेष सीटों की अधिकतम फीस भी तय करने का अधिकार केन्द्र को होगा राज्य सरकार चाहे तो इस अधिकतम फीस को और कम कर सकती है

इस अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम में आयोजित होगा

राजस्थान प्रदेश आदिवासी कांग्रेस भी आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस महोत्सव आयोजित कर रही है राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर इस उपलक्ष में आज पूरे राज्य में ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है इस बीच जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने उदयपुर ड्रूँगरपुर बाँसवाड़ा चितौड़गढ़ प्रतापगढ सिरोही राजसमंद और पाली जिलों के कलेक्टरों से आज स्थानीय अवकाश घोषित करने को कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोडने के साथ ही उनकी विरासत को बचाने के लिये कृतसंकल्प है सीमावर्ती जैसलमेर में आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इसमें विभिन्न देशों की सेना टीमें भाग ले रही हैं देश में ये प्रतियोगिता पहली बार हो रही है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों समेत सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के बारे में जानकारी देने की कवायद के तहत अब रोजगार समाचार का ई संस्करण भी शुरू कर दिया है

कोटा में चम्बल नदी को निखारने के लिये प्रयास लगातार जारी है